आज शिमला में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार के दो वर्ष प्ररे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति गंभीर हैं उन्होंने विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे अफवाह पर ध्यान न देते हुए लोगों से नाग़रिकता संशोधन अधिनियम का पूरी तरह अध्ययन करने की अपील की राज्य के सीमावर्ती जिलों में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और अर्धसैनिक बलों की आवाजाही को और आसान बनाने की दिशा में कल एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई जब अपर सियांग जिले के मिगिंग तुतिंग मार्ग पर बने राबूंग ब्रिज का उद्घाटन हुआ इस नए पुल का उद्घाटन करते हुए राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने सीमा सड़क संगठन बी आर ओ द्वारा राज्य में विशेषकर दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए जा रहे उनके योगदान की सराहना की इस समारोह को संबोधित करते हुए बी आर टी एफ के ब्रह्मांक प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता ने बताया कि सियांग और सियोम वैली में छह और पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान दो हजार बीस इक्कीस पर आज यूपिया में पापुम पारे जिला योजना समिति की बैठक हुई जिला उपायुक्त पीगे लिगू के अध्यक्षता में इस बैठक में विधायक ताना हाली तारा ए डी सी ताबांग बोदुंग जिला पंचायत सदस्यों और विभागीय प्रमुखों ने हिस्सा लिया इस बैठक के दौरान विधायक ताना हाली तारा ने योजनाओं के ओवर लेपिंग से बचने और टीम भावना के साथ गुणवत्ता के साथ परियोजनाओं को पूरा करने को कहा भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई द्वारा आज गुवाहाटी में शांति और विकास रैली आयोजित की गयी

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और यहां की कला संस्कृति के संरक्षण के असम समझौते को ईमानदारी से लागू किया जायेगा देश में विशिष्ट पहचान संख्या आधार के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या सवा अरब को पार कर गई है आज देश के एक सौ पच्चीस करोड़ निवासियों के पास अपनी विशिष्ट पहचान का प्रमाण आधार संख्या के रुप में उपलब्ध है इतना ही नहीं पहचान के प्रमाण के रुप में आधार का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है

इस समय भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण को प्रमाणित करने के लिए रोजाना तीन करोड़ अनुरोध प्राप्त होते हैं लोग आधार विवरण को अद्यतन रखने के लिए भी तैयार रहते हैं और प्राधिकरण को रोजाना इसके लिए तीन से चार लाख अपडेट प्राप्त होते हैं चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति षी जिनपिंग के प्रयासों से भारत और चीन के सैन्य संबंधों में सुधार हो रहा है कल पेइचिंग में संवाददाता सम्मेलन में रक्षा प्रवक्ता कर्नल व् चियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक वार्ता और व्यावहारिक सहयोग तथा सीमा सौहार्द बढ़ा है अगले वर्ष भारत चीन संबंधो के सत्तर वर्ष प्ररे होने के अवसर पर दोनों देशों की सेनाओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का फैसला किया है उन्होंने कहा कि चीन सैन्य संबंधों में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के मार्गदर्शन के अनुसार भारत के साथ काम करने को इच्छुक है दोनों देशों के बीच पिछले सप्ताह नई दिल्ली में सीमा वार्ता के बाईसवें दौर में सीमा विवाद का परस्पर स्वीकार्य हल निकालने पर सहमति बनी कर्नल वु चियान ने हाल में शिलॉग में संयुक्त प्रशिक्षण अभियास में आतंकवाद से निपटने तथा आपदा प्रबंधन और मानवीय सहयोग पर सार्थक विचार विमर्श का भी उल्लेख किया

इस लड़ाकू विमानों ने तीन दशक से अधिक समय तक भारतीय वायुसेना की सेवा की

आज का अधिकतम तापमान चौबीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया